नमस्कार ये आकाशवाणी पटना है अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिये

और राज्यभर में मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव जारी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक कार्यक्रम की यह बावनवीं कड़ी होगी इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचारों के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा इसके साथ ही यह आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट गोव डॉट इन और न्यूज ऑन एआईआर डॉट एनआईसी डॉट इन पर भी उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम के त्रंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली में दोबारा रात्रि आठ बजे से सुना जा सकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में स्टार्ट अप वातावरण को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप इंडिया और कानून सुधार जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं एक समाचार वेबसाइट को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि स्टार्ट अप वातावरण के संदर्भ में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और नवाचार ने आज देश को दूनिया में शीर्ष पर बैठा दिया है श्री मोदी ने कहा कि नया भारत आकांक्षाओं अवसरों तथा नियम आधारित प्रशासन मॉडल पर केन्द्रित है प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विद्युतीकरण से लेकर ग्रामीण सड़कों के निर्माण तक एनडीए सरकार की कार्य प्रणाली में इसकी झलक देखी जा सकती है उन्होंने यूवा शक्ति की सराहना करते हुए कहा कि भारत के युवा देश विदेश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का जीवन आशाओं और अवसरों से भरपूर होना चाहिए सरकार उन्हें उत्कृष्ट कार्य का हर अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को आगामी दस फरवरी तक चुनाव कार्यों की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने लोकसभा चूनाव की तैयारियों की समीक्षा की और बूथ स्तर पर हो रहे कार्यों का जायजा लिया मुख्य सचिव ने पिछले चूनाव के दौरान हये आपराधिक वारदातों के निष्पादन का निर्देश भी दिया इसके लिये हर जिले में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमिटी गठित की गयी है उन्होंने सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल बिजली शौंचालय और रैम्प की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से करने को कहा है संविधान निर्माता डा बी आर आम्बेडकर तथा भगवान गौतम ब्रद्ध से जूड़े प्रम्ख स्थलों को कवर करने वाली विशेष पर्यटन रेलगाड़ी समानता एक्सप्रेस चौदह अप्रैल आम्बेडकर जयंती पर नागपुर से रवाना की जाएगी भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम आई आर सी टी सी इस ट्रेन का संचालन करेगा रेलवे की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह रेलगाड़ी मुम्बई में चौत्यभूमि इंदौर में मउ गया में बोधगया वाराणसी में सारनाथ नौतनवा में लुम्बिनी गोरखपुर में कुशीनगर और नागपुर में दीक्षाभूमि सहित भगवान ब्रद्ध और बाबा साहब डा आम्बेडकर से जुड़े सभी प्रमुख स्थलो से गुजरेगी यह यात्रा ग्यारह दिन की होगी समाज कल्याण विभाग ने सीबीआई को मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले में दो अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की स्वीकृति दे दी है जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मिली है उनमें मूजफ्फरपूर के तत्कालीन बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि कुमार रौशन और सहायक निदेशक रोजी रानी शामिल हैं समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने बताया कि विभाग इस कांड की जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहता है उन्होंने कहा कि विभाग ने बालिका गृह और शेल्टर होम कांड से जूड़े सत्रह मामलों के दस्तावेज भी सीबीआई को सौंप दिये हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि पटना गया रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों और हाल्टों पर यात्री सुविधायें बढ़ायी जा रही है उन्होंने मसौढ़ी में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और यात्री सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है श्री यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये प्रतिबद्ध है राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में मौसम के मिजाज में तेजी से उतार चढ़ाव जारी है राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में आज सुबह में घना कोहरा छाया रहा इससे ठंड भी बढ़ी हयी है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकतर हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की सम्भावना जतायी है इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है वहीं शेष हिस्सों में हल्का कुहासा छाया रहेगा इधर कल पटना गया नालंदा अरवल और जहानाबाद जिले के कई हिस्सों में हल्की ब्रंदाबादी हई ठंड को देखते हये पटना जिला प्रशासन ने कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की है उधर कोहरे के कारण ट्रेन और विमान यातायात का परिचलान प्रभावित हो रहा है पटना से पहुंचने वाली कई ट्रेनें विलंब से आ रही हैं वहीं कई ट्रेनें पटना से निर्धारित समय के बाद खुल रही हैं लखीसराय जिले के लाली पहाड़ी की खूदाई का काम विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के पुरातत्वविद अनिल कुमार की देखरेख में शुरू हो गयी है उन्होंने कहा कि लाली पहाड़ी के मध्य भाग में खुदाई प्रारंभ की जायेगी लाली पहाड़ी के मध्य भाग में बौद्ध मंदिर का अवशेष दबा है खूदाई से कई पूरातात्विक अवशेष मिलने की संभावना है उन्होंने कहा कि बौद्धकालीन अवशेषों और बिखरे पड़े मूर्तियों को संरक्षित करने के लिये संग्रहालय के निर्माण की अनुमति राज्य सरकार से मिल गयी है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में नौ नये ब्लड बैंक खोले जायेंगे उन्होंने पटना में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि अस्पतालों में अब ब्लड बैंक चौबीस घंटे खूले रहेंगे श्री मोदी ने कहा कि राज्य में अभी अठहत्तर ब्लड स्टोरेज सेंटर हैं जिनमें से पचपन कार्यरत हैं उन्होंने कहा कि बंद पड़े ब्लड स्टोरेज सेंटर को जल्द ही चालू किया जायेगा केंद्र सरकार बिहार समेत देशभर के सरकारी विद्यालयों से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है नई व्यवस्था चालू शैक्षणिक सत्र से लागू की जा रही है केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था के तहत यू डायस की जगह यू डायस प्लस के माध्यम से स्कूलों का आंकड़ा इकट्ठा करने का निर्णय लिया है यह व्यवस्था ऑनलाइन होगी इस व्यवस्था के तहत हर स्कूल का अपना वेबसाइट और वेब पोर्टल होगा सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ने के साथ समय और संसाधनों का बचत भी होगा प्रदेश में हज कमिटी का गठन कर दिया गया है इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है बिहार हज कमिटी के सीईओ मोहम्मद राशिद हसैन ने बताया कि मनोनीत सदस्यों की पहली बैठक दो फरवरी को बूलाई गयी है राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिये नहरों और नदियों के किनारे अगले दो साल में एक लाख ग्यारह हजार पौधे लगाये जायेंगे वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अररिया सहरसा मुजफ्फरपुर सुपौल और सिवान जिलों में नहर और नदियों के किनारे तिरपन किलोमीटर लंबाई में पौधे लगाये जायेंगे सरकार ने इन पौधों को लगाने के लिये तीन करोड़ तेरह लाख से अधिक राशि की मंजूरी प्रदान कर दी है सूत्रों ने बताया कि इससे दो हजार बाईस तक राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर सत्रह फीसदी का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष की स्मृति में राज्य सरकार सत्याग्रह से जुड़े मूजफ्फरपूर मोतिहारी और बेत्तिया में सभागार का निर्माण करायेगी कला संस्कृति और यूवा विभाग ने इसके लिये नक्शा तैयार कर लिया है ऑडिटोरियम के निर्माण के लिये राशि को प्रशासनिक मंजूरी मिल गयी है ऑडिटोरियम निर्माण का काम दो हजार बीस तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है

और राज्यभर में मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव जारी